आज नामांकन की है अंतिम तिथि

परीक्षा कैलेंडर का सही ढंग से पालन नहीं करने का आरोप वैशाली जिले में अपराधियों ने छब्बीस लाख रूपये मूल्य के गहने लूटे

और राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में गर्मी का तीन साल का रिकार्ड ट्रटा

विधान परिषद की दो सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है सात जून को मतदान होगा और इसी दिन मतों की गिनती की जायेगी जदयू ने संजय झा और भाजपा ने राधा मोहन शर्मा को उम्मीदवार बनाया है संजय झा का कार्यकाल छह मई दो हजार चौबीस जबकि राधा मोहन शर्मा का अठाईस मई दो हजार बीस तक होगा गौरतलब है कि भाजपा के विधान पार्षद सूरज नंदन कुशवाहा और राजद के खुर्शीद मोहसिन के निधन के कारण ये सीटें रिक्त हुई हैं

कुलपति पर परीक्षा कैलेंडर के पालन और शैक्षणिक कार्यों में अनियमितता बरतने का आरोप है

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों को डिग्री और प्रमाण पत्रों में क्यूआर कोड के प्रयोग करने का निर्देश जारी किया है आयोग के सचिव रजनीश जैन ने बताया कि यह निर्णय उच्च शिक्षा प्रणाली में एकरूपता लाने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए किया गया है सचिव ने कहा कि इससे डिग्री और प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी आसानी से किया जा सकेगा उन्होंने कहा कि यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो जायेगा राज्य में प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत पचहत्तर प्रोजेक्टों को अविलंब जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश मुख्य सचिव दीपक कुमार ने जिलाधिकारियों को दिया है मूख्य सचिव ने बताया कि पच्चीस जिलों में पीएम पैकेज प्रस्तावित हैं उन्होंने कहा कि गांवों की सफाई को लेकर भी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है श्री कुमार ने कहा कि जमीन उपलब्ध होते ही सभी प्रोजेक्टों पर काम शुरू हो जायेगा दरभंगा से दो महीने के अंदर विमान सेवाएं शुरू कर दी जायेगी

एयरपोर्ट ऑथोरिटी वहां चल रहे कार्य की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है रूट रिले इंटरलॉकिंग कार्य के कारण पटना से दानापुर आरा सासाराम बक्सर दीनदयाल उपाध्याय और वाराणसी मार्ग पर चलने वाली दस जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है जबकि तैंतीस जोड़ी ट्रेने बदले मार्ग से चलायी जायेगी इसके साथ ही पन्द्रह जोड़ी ट्रेनों का आंशिक समापन नजदीक के स्टेशनों पर किया जा रहा है वहीं पांच जून के बाद नौ जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन भी रद्द रहेगा प्रदेश में अगले दो दिनों तक मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया है विभाग ने कहा है कि राज्य में राजधानी पटना सहित कई शहरों के तापमान में भारी व्रद्धि हुई है जिसके कारण पिछले तीन साल का रिकार्ड टूट गया है मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आज भी लू का प्रकोप जारी रहेगा वैज्ञानिकों का मानना है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण राज्य के पूर्वी हिस्सों में अगले चौबीस घंटों में बादल छा जायेंगे हालांकि इकतीस मई से पहले बारिश के आसार नहीं है जबकि भागलपुर के लिए अगले तीन दिन और पूर्णिया में एक दिन के हीट वेब का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है वैशाली जिले के कटहरा ओपी थाना क्षेत्र से अपराधियों ने एक आभूषण दुकान से लगभग छब्बीस लाख रूपये के गहने लूट लिये पुलिस ने बताया कि आधा दर्जन की संख्या में आये अपराधियों ने दुकानदार को हथियार दिखा कर दुकान की तिजोरी में रखे गहनों को निकाल लिया और फरार हो गये पुलिस मामले की छानबीन कर रही है राजधानी पटना के पटनासिटी क्षेत्र से पुलिस ने एक कार से दो सौ सत्रह लीटर अंगरेजी शराब और चौबीस लीटर बियर बरामद किया है कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है वहीं गायघाट क्षेत्र से पच्चीस बोतल विदेशी और चालीस लीटर देशी शराब के साथ चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है राज्य में बनने वाले कृषि यंत्रों पर बीस प्रतिशत से अधिक अनुदान मिलेगा कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य में बनने वाले कृषि यंत्रों के परीक्षण पर लगने वाले शुल्क का वहन सरकार करेगी कृषि मंत्री ने कहा कि इसके लिए यंत्र बनाने वाली कम्पनियों को जीएसटी पंजीकरण कराना होगा राज्य सरकार नगर निगम क्षेत्र में स्थित तालाबों का जीर्णोद्वार करायेगी नगर विकास और आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि शहरों में पेयजल की समस्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है मंत्री ने कहा कि पहले चरण में राज्य के बारह नगर निगम शहरों में इसे लागू किया जा रहा है पटना जिला प्रशासन ने तीन साल पुरानी नावों का फिर से निबंधन कराये जाने का आदेश जारी किया है जिन नाविकों ने अपने नाव का तीन साल पहले निबंधन कराया था उन्हें पचास रूपये शुल्क जमा करने पर एक साल के लिए निबंधन का नवीनीकरण दिया जायेगा राजधानी पटना में चल रही बिहार राज्य महिला शतरंज प्रतियोगिता का खिताब सहरसा की प्ररेणा कुमारी ने जीत लिया है उसने नेहा सिंह को पराजित किया उधर राज्य स्तरीय सीनियर यूथ महिला पुरूष बॉक्सिंग प्रतियोगिता के बावन किलो वर्ग में पटना के मनीष निराला ने सारण के तेज कुमार को पराजित कर फाइनल में जगह बना ली वहीं छप्पन किलो वर्ग में पटना के रतन कुमार ने सारण के सुधीर कुमार को हराया इसी प्रकार साठ और चौसठ किलो वर्ग के खिलाडी भी अपने अपने प्रतिद्वदियों को हराकर फाइनल में पहुंच गये हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आज इंटर कंपार्टमेंटल का परिणाम जारी करेगा जिसे शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा जारी करेंगे

पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमित लाल मीणा ने बताया कि संपर्क पथ नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है किशनगंज जिले में एक घर में एक ट्रक के घुस जाने के कारण पिता पुत्र समेत तीन लोगों की मौत हो गयी पुलिस मामले की छानबीन कर रही है सीमामढ़ी जिले के जाले थाना क्षेत्र के मुरैठा खनुआ पुल के पास अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक से एक लाख रूपये लूट लिये पुलिस मामले की छानबीन कर रही है नालंदा जिले में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ चार युवकों को पकड़ा है जिनके पास से एक राइफल दो पिस्टल और दस गोली बरामद की गयी है गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ की जा रही है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने भाजपा नेता नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसी देशों के राजनयिकों के शामिल होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है शपथ में पड़ोसी देशों का जमावड़ा अखबार ने जदयू और अन्नाद्रमुक भी होंगे मंत्रिमंडल का हिस्सा को प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने इस्तीफे पर अड़े राहुल मुश्किल में पार्टी को बड़ी खबर बनाया है दैनिक भास्कर लिखता है बिना नम्बर की बाईक से आये छह अपराधियों ने बैंक में रूपये जमा कराने जा रहे चावाल कारोबारी के दो कर्मियों से साठ लाख लूटे प्रभात खबर ने भाजपा सिर्फ हिन्दी पट्टी की पार्टी नहीं अंक गणित पर कैमेस्ट्री की हुई जीत को बड़ी सुर्खी दी है आज अखबार ने लिखा है शपथ ग्रहण में शामिल होंगे बिम्सटेक के राष्ट्राध्यक्ष

आज नामांकन की है अंतिम तिथि

परीक्षा कैलेंडर का सही ढंग से पालन नहीं करने का आरोप वैशाली जिले में अपराधियों ने छब्बीस लाख रूपये मूल्य के गहने लूटे

और राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में गर्मी का तीन साल का रिकार्ड टूटा